सतर्कता जागरूकता सप्ताह आज से शुरू हो गया है यह दो नवम्बर तक चलेगा इस वर्ष का विषय है सतर्क भारत समुद्ध भारत इस उपलक्ष्य में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की ओर से आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सही रणनीति बनाना बेहद जरूरी है उन्होंने समुचित विकास के लिए पारदर्शी प्रशासन पर बल देते हए कहा कि भ्रष्टाचार से मुकाबले के लिए सभी का सहयोग जरूरी है

उन्होंने कहा कि सुरक्षित दूरी के नियमों का सख्ती से पालन करने से इस जानलेवा वायरस को हराया जा सकेगा श्री मोदी ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पी एम स्वनिधि योजना के उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों से बातचीत के दौरान आज ये बातें कहीं श्री मोदी ने कहा कि जन धन आयुष्मान उज्ज्वला और पी एम स्वनिधि जैसी कई सरकारी योजनाओं से लोगों को बेहतर ढंग से कोविड महामारी से लड़ने में मदद मिली है उन्होंने कहा कि हम लोगों ने दुनिया को ये दिखा दिया है कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और स्थिति को बदल सकते हैं

अब तक तिरानबे हजार तीन सौ अड़सठ लोग स्वस्थ हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटो में कोरोना के दो सौ बीस मामलों की पृष्टि हई है वहीं तीन सौ बिरानबे संक्रमित लोग स्वस्थ हो चुके हैं राज्य में अबतक निन्यानबे हजार नौ सौ छह मामलों की पुष्टि हुई है जिसमें तिरानबे हजार तीन सौ अड़सठ लोग स्वस्थ हो चुके हैं अब केवल पांच हजार छह सौ छियासठ एक्टिव केस बचे हैं

इस समय रोगियों की संख्या कुल संक्रमितों का सात दशमलव आठ आठ प्रतिशत है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सभी के मिले जुले प्रयासों से मृत्युदर में भी काफी कमी आई है जो इस समय लगभग डेढ़ प्रतिशत है

यह कार्यक्रम आज रात साढे नौ बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर घनश्याम पांग्टे चर्चा में भाग लेंगे

प्रमंडलीय आयुक्त मनीष रंजन ने आज कुछ चुनिंदा शिक्षकों द्वारा तैयार की गई डिजिटल अध्ययन सामग्रियों को लाँच किया

इस सिलसिले में पुलिस महानिदेशक एमवी राव ने आज पिछले एक सप्ताह में महिला और बालिका अत्याचार से सम्बंधित दर्ज मामलों की समीक्षा की और राज्यभर के पुलिस अधिकारियों को दिशानिर्देश दिये बाद में पत्रकारों से बातचीत में पुलिस महानिदेशक श्री राव ने ये बताया कि अपराध पर नियंत्रण के लिए पुलिस सजग है उन्होंने यह भी बताया कि एक नवंबर से सोलह नवंबर तक नशीले पदार्थो के कारोबार के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान चलाया जायेगा इसके अलावा बाईकर्स गैंग के खिलाफ भी विशेष अभियान चलाया जायेगा उन्होंने कहा कि इसके लिए थानेदार से लेकर पुलिस अधीक्षक तक की जवाबदेही तय की गई है

झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के केन्द्रीय अध्यक्ष शिब् सोरेन पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने के लिए आज शाम द्मका पहंच गये हैं वहीं भारतीय जनता पार्टी के केन्द्रीय उपाध्यक्ष रघ्वर दास और पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी भी दमका दौरे पर हैं और भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में समर्थन जुटा रहें हैं इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज द्रमका विधानसभा क्षेत्र में कई जनसभाओं को सम्बोधित किया बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए व्यापक प्रबंध किये गए हैं

देश में कोविड महामारी के बीच ये पहला चुनाव हो रहा है निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए कोविड संबंधी दिशा निर्देश जारी किये हैं इस दौरान प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य होगा मतदान केन्द्रों पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और सेनेटाइजर का इस्तेमाल किया जाएगा प्रत्येक मतदान केन्द्र पर डेढ़ हजार की जगह अब केवल एक हजार मतदाता ही वोट डाल सकेंगे सभी केन्द्रों पर मतदाता कर्मियों के साथ इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीने भेज दी गई हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि मतदान कल सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक चलेगा

श्री मोदी ने ट्वीटर पर कहा कि राष्ट्र की रक्षा के लिए इंफेंट्री के योगदान पर देश को गर्व है उन्होंने कहा कि सैनिकों की बहादुरी ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है

इस संशोधन से पहले केवल संगठनों को ही आतंकवादी घोषित किया जा सकता था

पुलिस ने खूंटी जिले के अड़की थाना क्षेत्र के हेमरोम जंगल से प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के एक सक्रिय सदस्य मान सिंह मुंडा को गिरफ्तार किया है उसके पास से हथियार और कारतूस के अलावा कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं गिरफ्तार नक्सली के खिलाफ अड़की साईको और खूंटी थानों में आधा दर्जन से अधिक संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं

राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने राज्य सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है

इस सिलसिले में आज बोकारो थर्मल के अति संवेदनशील और संवेदनशील इलाकों में जिला पुलिस और जैप के जवानों ने फ्लैग मार्च किया चतरा जिले में भारतीय स्टेट बैंक की तपेज शाखा में चोरी का प्रयास किया गया है